धार से छतर सिंह दरबार रतलाम से जी एस डामोर और खजुराहो से पार्टी के प्रदेश महामंत्री विष्णुदत्त शर्मा को उम्मीद्वार बनाया गया है अंबेडकर जयंती संविधान निर्माता डाक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज देश के साथ प्रदेश में भी हर्षोल्लास से मनायी जा रही है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक संदेश में कहा कि बाबा साहब देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक असाधारण नेता और वंचित तबके के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले योद्वा थे इधर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को डॉ भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हार्दिक बधाई एवं श्रभकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश के नागरिकों को गर्व है कि बाबा साहेब की जन्म स्थली प्रदेश में है डॉ अम्बेडकर ने सामाजिक असमानता को मिटाने और संवैधानिक अधिकारों से सम्पन्न समतावादी समाज निर्माण में अतुलनीय योगदान दिया है श्री नाथ आज डाक्टर अम्बेडकर की जन्मस्थली महू में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी आज संविधान निर्माता डाक्टर अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनायी जा रही है शहर के अंबेडकर चौक स्थित अंबेडकर की प्रतिमा पर बड़ी संख्या में लोगों ने माल्यार्पण कर उनके विचारों को याद किया रामनवमीं चैत्र नवरात्र की अष्टमी और नवमीं तिथि दो दिन पड़ने की वजह से प्रदेश के कई स्थानों पर रामनवमी का पर्व आज मनाया जा रहा है इस दौरान कई स्थानों पर सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं द्वारा कन्या भोजन भंडारा और धार्मिक आयोजन किये जा रहे हैं ओरछा स्थित रामराजा सरकार मंदिर में कल दोपहर में श्रीराम का जन्मोत्सव मनाया गया ओरछा के इस मंदिर में साल में एक बार भगवान श्री राम के गर्भगृह के बाहर दर्शन होते हैं इस दौरान लाखों लोग इस विश्वविख्यात मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं जबलपुर से हमारी संवाददाता ने बताया है कि शहर में कल रामनवमी की भव्य शोभायात्रा बैंड बाजों के साथ निकाली गयी जगह जगह शोभायात्रा का स्वागत फूलों से किया गया शोभायात्रा पुराने बसस्टैड से शुरू हुई और हनुमान ताल पर समाप्त हुई वहीं उमरिया में मां ज्वालामुखी और विरसिंहपुर पाली स्थित मां विरासिनी देवी मंदिर में चैत्र रामनवमीं के अवसर पर विशेष प्रजा अर्चना की गई यहां आज ज्वारें कलशों का विसर्जन किया जायेगा दतिया की पीतांबरा शक्तिपीठ सतना के मैहर की शारदा देवी मंदिर रायसेन जिले की सलकनपुर देवी मंदिर इंदौर की विजयासन माता देवास के मां चामुंडा मंदिर और आगर मालवा की बगुलामुखी देवी मंदिर में कल दूर दूर से लोग देवी दर्शन को पहुंचे वैसाखी देशभर में आज वैसाखी के साथ विशु रोंगाली बिहु और नववर्ष पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है उप राष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू ने देशवासियों को बधाई दी है श्री नायडू ने कहा कि ये त्यौहार नववर्ष के आगमन के प्रतिक हैं और बेहतर जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं जोशी अस्वस्थ पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के अस्वस्थ होने पर उनका इलाज भोपाल के एक निजी अस्पताल में चल रहा है आज श्री जोशी के स्वास्थ्य का हाल जानने के लिये पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान अस्पताल पहुंचे श्री चौहान ने बताया कि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने भी अस्पताल जाकर श्री जोशी के स्वास्थ्य की जानकारी ली मौसम प्रदेश में गरमी के तेवर और तीखे होने लगे हैं राजधानी भोपाल में लू चलने के हालत बन गये हैं

मौसम केन्द्र के अनुसार ग्वालियर चंबल और रीवा संभाग में कहीं कहीं पारा चढ़ सकता है जबलपुर में धूप तेज होने लगी है इसके चलते लोगों का दोपहर में बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है

मौसम विभाग के मुताबिक जबलपुर संभाग में कहीं कहीं धूल भरी आंधी चलने के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है